और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा शराब के अवैध करोबार पर लगेगा अंकुष जानकारी मिलने पर होगी अविलंब कार्रवाई उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें

न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची स्थित अपने आवास में आमजनों से मुलाकात की और उनकी षिकायतों को सुनने के बाद अधिकारियों को समस्या के समाधान को लेकर आवष्यक दिषा निर्देष दिया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आमजनों की समस्याओं का निराकरण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग पेंशन की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया पानी बिजली सड़क इत्यादि समस्याओं के समाधान में कोई कमी न रहे इसके लिए सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिएविभाग हर संभव सहयोग करेगा वे आज रांची स्थित प्रेस क्लब में एंबुलेंस सेवा की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे हजारीबाग जिला प्रषासन संपन्न और अपात्र लोगों से राषन कार्ड सरेंडर करवाने में लगा है जिले के उपायुक्त ने ऐसे लोगों से उन्नतीस तारीख तक राषन कार्ड सरेंडर करने को कहा है

वरीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल के दिनों में झारखंड और ओड़िषा में नक्सलियों की बढ़ी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को नक्सलियों के विरूद्ध जोरदार अभियान चलाने का निर्देष दिया उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि लगातार छापेमारी से नक्सलियों की कमर दूटी हुई है नक्सल समस्या समाप्त होने तक ्छापेमारी जारी रखी जाए करीब डेढ़ घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक में झारखंड के एडीजी ऑपरेषन मुरारीलाल मीणा आईजी सीआरपीएफ और गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे

सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो रांची और केंद्रीय गुह मंत्रालय द्वारा झारखण्ड के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित इलाके में सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यो की जानकारी देने को लेकर आज रांची में एकदिवसीय कार्यशाला आयोजन की गई कार्यशाला में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के कलाकारो ने हिस्सा लिया इस मौके पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हर कल्याणकारी सरकार का एक ही लक्ष्य होता है समाज के सबसे वंचित उपेक्षित और गरीब कमजोर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराना

इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने रांची जिले के कांके अंचल के अमीन विलियम एक्का को बारह हजार रुपये रिष्वत लेते आज रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे से संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया